प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उदघाटन करेंगे

भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता करेगी

सम्मेलन का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकों को मंजूरी दिये जाने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्वाओं के प्रति एक बार फिर से आभार व्यक्त करने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्वाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई जानें बचाई हैं वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है उन्होंने देश के इस गौरवशाली क्षण के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद दिया है श्री शाह ने देश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडर प्रनावाला ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है श्री पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक को धन्यवाद दिया है इस बीच महाराष्ट्र में कोविड संबंधी कार्यदल के प्रमुख डॉ संजय ओक ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने को राष्ट्रीय कर्तव्य समझा जाना चाहिए

इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढकर एक करोड़ तीन लाख से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रोगियों का पता लगाने और उनकी जांच के प्रति गंभीरता के कारण कोरोना से उबरने वालों का प्रतिशत लगातार बढा है और मृतकों की संख्या कम रही है फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव चार प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके ट्रायल किये गए प्रारंभिक चरण में उच्च तर जोखिम वाले चुने हुए वरीयता समूहों को टीका प्रदान किया जाएगा टीका पाने वाले प्रथम वरीयता समूह में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल होंगे दूसरे समूह में पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और विभिन्नि बीमारियों से पीड़ित पचास वर्ष से कम आयु के लोग शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका स्वैच्छिक होगा

इससे परिवार के सदस्यों मित्रों संबंधियों और साथ काम करने वालों को वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी

इनमें एक हजार छह सौ एक सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख बारह हजार आठ सौ तिरानबे मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार पैंतीस लोगों की मौत कोरोना से हुई है वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव सात एक प्रतिशत है

स्वास्थ्य विभाग के कोविड जाँच की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त किये जाने पर गढ़वा जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है अब जिले में प्रतिदिन दो से ढाई हजार कोविड जाँच करायी जायेगी

प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रहे सभी डिजिटल चैनलों ने पिछले वर्ष सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्वि दर्शायी है इस दौरान डिजिटल चौनलों को एक अरब से अधिक बार देखा गया और छह अरब मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है

डीडी स्पोर्ट्स और आकाशवाणी स्पोर्ट्स ने इस दौरान सीधे डिजिटल प्रसारण किये हैं

प्र्वोत्तर भारत के समाचारों में डिजिटल श्रोताओं की अच्छी खासी संख्या के साथ आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा भी दस प्रमुख कार्यक्रमों में बनी हुई है और इसमें एक लाख से अधिक डिजिटल दर्शक हो गये हैं दिलचस्प बात यह है कि दो हजार बीस में घरेलू श्रोताओं और दर्शकों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने और सुनने वालों में पाकिस्तान का दूसरा स्थान है और संयुक्त राज्य अमरीका भी इसके आसपास हैं

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी इससे पहले दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की बातचीत के दौरान चार में से दो मुद्दों पर सहमति बनी थी पहला मुद्दा पर्यावरण से जुडे अध्यादेश पर जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था बैठक में क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी किसान नेताओं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाजार भाव के बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे एक समिति को सौंपा जाएगा जो किसानों के कल्याण के लिए कानूनी वैधता और स्वामित्व का अध्ययन करेगी श्री तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार खुले मन और साफ नीयत से किसानों के सभी मुद्दों का समाधान करने को तैयार है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने कल रामगढ़ जिले का दौरा किया उन्होंने मांडू प्रखंड अंतर्गत तापीन पंचायत में जल छाजन योजनाओं का निरीक्षण किया किया इस दौरान उन्होंने चेक डैम तालाब ट्रेंच कम बंड सहित अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण करते हए अधिकारियों को कार्य शुरू होने के पूर्व संबंधित क्षेत्र की जियो टैग फोटो और कार्य संपन्न होने के पश्चात योजना की जियो टैग फोटो संधारित करने का निर्देश दिया श्री तिर्की ने सभी ग्रामीणों से जल छाजन योजनाओं के माध्यम से उन्हें मिल रहे लाभ की जानकारी लेते हुए उन्हें बढ़ चढ़कर सरकार की योजनाओं में हिस्सा लेने और उससे लाभ प्राप्त करने की अपील की इसके साथ ही उन्होंने सभी से कहा कि भारत सरकार द्वारा जल छाजन योजनाओं में बेहतरीन कार्य करने वाले क्षेत्रों तथा ग्रामीणों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है

अब पचास फीसद बिजली की कटौती होगी डीबीसी कमांड एरिया के जिलों धनबाद बोकारो गिरिडीह हजारीबाग रामगढ़ कोडरमा और चतरा के अलावा रांची और जमशेदपुर के कुछ क्षेत्रों में प्रतिदिन छह सौ मेगावाट बिजली की आपूर्ति सामान्य दिनों में करता है निर्णय के मुताबिक सोमवार से तीन सौ मेगावाट बिजली की कटौती की जाएगी झारखंड बिजली वितरण निगम को इस मद में लगभग एक सौ पचास करोड़ रूपये का भुगतान डीवीसी को करना होता है भुगतान नहीं होने के कारण डीवीसी ने सताइस दिसंबर दो हजार बीस से तीस प्रतिषत बिजली की कटौती शुरू की इसमें हर सप्ताह दस प्रतिषत की बढ़ोतरी की जा रही है डीवीसी के प्रवक्ता अभय भयंकर के मुताबिक पूर्व में दिए गए नोटिस में कोई बदलाव नहीं किया गया है हजारीबाग जिले में चरही पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीपीसी संगठन के लिए लेवी वसूलने आए सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो मोटरसाइकिल जब्त किया गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध चरही थाना में कई मामले दर्ज हैं खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र की सर्वो घाटी में एक अनियंत्रित ट्रक के सड़क किनारे पलट जाने से उसमें अचानक आग लग गई जिससे चालक की जलकर मौत हो गई सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल दमकल गाड़ी मंगवाई और आग पर काबू पाया जानकारी के अनुसार ट्रक रांची से लोहे की चादर लेकर राउरकेला जा रहा था सर्वो घाटी में अचानक ट्रक का अगला चक्का ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ चालक की पहचान नहीं हो पाई है ट्रक के नंबर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने डीजीसीआई द्वारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर डीजीसीआई की मुहर शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर इस दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से छापा है देश को मिले दो टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर जयपाल सिंह मुंडा का पैतृक घर बनेगा म्यूजियम इस शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनायी है दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है सुखद देश को मिले दो कोरोना कवच आजीविका के अवसरों से संवर रही महिलाओं की जिंदगी रांची एक्सप्रेस ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है